पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद हुए राज्य के पांचों सपूतों की अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ की जा रही है पुलवामा आतंकी हमले के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई

राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह आज मलारना डूंगर स्थित ट्रेक पर आरक्षण का ड्रापट लेकर गुर्जर नेता किरोडी सिंह बैंसला से मिलने पहचे आरक्षण का ड्राफ्ट मिलने के बाद ड्राफ्ट की शर्तों को गूर्जर समाज के लोगों को पढकर सुनाया गया इसके बाद गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल बैंसला ने ड्राफ्ट की प्रति पर अपने हस्ताक्षर किये और आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की कर्नल बैंसला ने जनता से आरक्षण के दौरान हुई असुविधा के लिये खेद जताते हुए कहा कि राष्ट्र हित में वे अपना आंदोलन वापस ले रहे है ड्राफ्ट में असहमति के बिन्दुओं पर बाद में चर्चा की जायेगी

इससे पहले समर्झौते के मध्यस्थ और सरकार के प्रतिनिधि विश्वेन्द्र सिंह ने गुर्जर नेताओं को सरकार की ओर से जारी ड्राफ्ट सौंपा और आंदोलन समाप्ति के लिये धन्यवाद दिया

उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक परिवहन व्यवस्था फिर से सुचारू हो जायेगी

धौलपुर के शहीद कांस्टेबल भागीरथ सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई उनकी अन्त्येष्टी में लोगों का हुजुम उमड़ा इस दौरान केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह और राज्य सरकार की ओर से महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे यूडीएच मंत्री शांतिधारीवाल केबीनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास लालचंद कटारिया और कांग्रेस नेता मनीष यादव जयपुर के गोविन्दपुरा के शहीद कांस्टेबल रोहिताश लाम्बा की अन्त्येष्टी में शामिल हो रहे है इसी तरह भरतपुर के सुंदरवाली के शहीद जीतराम को भी अंतिम विदाई देने के लिये हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए है

गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा बुलाई गई इस बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया था इस बैठक में राजनीतिक दलों को आतंकी हमले और सरकार द्वारा उसके बाद उठाये गये कदमों से अवगत कराया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक में सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला लिया गया था प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में एक समारोह में देश को आश्वासन दिया कि जघन्य आतंकी हमले करने वालों को बक्शा नहीं जायेगा

इसके अतिरिक्त शहीद परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी बच्चों को पढ़ाई के लिये छात्रवृत्ति तथा माता पिता को तीन लाख रूपये की सावधी जमा भी प्रदान की जायेगी मुख्यमंत्री ने आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की भारत की प्रतिबद्वता कम नहीं होगी उन्होंने हमले में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले केन्द्रीय रिजर्व प्रलिस बल के बहादुर जवानों की शहादत को नमन करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की हमले की निंदा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया कि जवानों की शहादत से हमारी आंखे नम हैं लेकिन उनके शौर्य पराकम तथा बलिदान ने हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर दिया है प्रदेशभर में आज भी आतंकी हमले के विरोध में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किये गये प्रदेश के पाली जालौर उदयपूर सीकर नागौर में लोगों ने विरोध में प्रदर्शन किये तथा कई स्थानों पर बाजारों को बंद रखा गया

रक्षा विभाग के प्रवक्ता संबित घोष ने बताया कि इस अभ्यास के अवसर पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ तथा कई मित्र देशों के राष्ट्र अध्यक्ष मौजूद रहे

पुलिस ने बताया कि यह डोडा चुरा मध्य प्रदेश से मारवाड़ की ओर ले जाया जा रहा था पुलिस ने इस मादक पदार्थ को ले जा रेहे वाहन को भी जब्त किया है इधर जिले के प्रताप नगर में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खैर की लकड़ी की तस्करी के आरोप में ट्रक चालक को गिरफ्तार किया

सरदारशहर में पिकअप की चपेट में आ जाने से बाइक सवार की मृत्यू हो गई वहीं रतनगढ़ में दो मोटरसाईकिल की टक्कर में एक युवक की मृत्यु हो गई और दो जने घायल हो गये

सहकारिता विभाग के रजिट्रार डॉ नीरज के पवन ने बताया कि अब तक लगभग एक लाख से अधिक किसानों के लगभग पांच सौ करोड़ रूपये क ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके है

मेर्ल में राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र गुजरात गोवा हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड राज्यों की लोक कलाओं का प्रदर्शन होगा